एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एन डी ए सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में निवेश के साथ विकास को बढ़ावा देना है सरकार इस दौरान एक सौ लाख़ करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाया जाएगा श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा और बिजली क्षेत्र में सुधार को वरीयता दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास यात्रा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हरसंभव उपाय करेंगे

ये पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाते हैं इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि देश की प्रगति पूरी तरह से युवाओं के दृढ़ संकल्प पर निर्भर रहती है उन्होंने कहा कि हमारी विशाल युवा शक्ति एकजुट होकर काम करे तो देश अधिक ऊचाइयों तक पहुंच सकेगा

डॉक्टर साराभाई एक महान संस्थान निर्माता थे उन्होंने देशभर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहित बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की

डॉक्टर विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रुप में अद्वितीय योगदान काफी महत्वपूर्ण है

इस अवसर पर प्रर्व कांग्रेस अध्यक्ष ताकम संजोय विधायक निनोंग इरिंग सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री तुकी ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किये जाने की आलोचना की उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा

आज पेईचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के बाद चौथे भारत चीन मीडिया मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयंशकर ने यह जानकारी दी

सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए फीस की राशि दोगुनी कर दी गई है उन्हें अब पंद्रह सौ रुपये की फीस अदा करनी होगी संशोधित नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अब पांच विषयों के लिए बारह सौ रुपये का भ्रगतान करना होगा जबकि पहले उन्हें इसके लिए पचास रुपये फीस देनी होती थी उनके लिए फीस में की गई यह वृद्धि चौबीस गुना है सामान्य वर्ग के छात्रों को पांच विषयों के लिए पहले सात सौ पचास रुपए फीस के रुप में देने होते थे लेकिन अब उन्हें इसके लिए पंद्रह सौ रुपये देने होंगे विदेशों में सी बी एस ई स्कूलों में नामंकित छात्रों को दसवीं और बारहवीं दोनो कक्षा के लिए पांच विषयों के वास्ते दश हजार रुपये देने होंगे जबकि पहले उन्हें इसके लिए पांच हजार रुपये का भ्रगतान करना होता था उनके लिए बारहवीं कक्षा में एक अतिरिक्त विषय की फीस दो हजार रुपये निर्धारित की गई है जो पहले एक हजार रुपये थी

ईद की नमाज देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी

इस अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही ईटानगर के शिव मंदिरों में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और परंपरागत पूजा अर्चना की